आज भी प्रवासी कामगारों को लेकर झारखंड पहुंची चार स्पेशल ट्रेन घर पहुंचने पर लोगों में दिखी खुशी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी उत्पादों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने पर दिया बल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा कल घोषित बीस लाख करोड़ रुपये के पैकेज से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मदद मिलेगी आज नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में वित्तमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए पंद्रह उपायों की घोषणा की जिसमें से छह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई से संबंधित है

उन्होंने कहा कि ईपीएम बारह प्रतिषत की बजाय दस प्रतिषत की दर से काटा जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीस लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा पर व्यवसायी जगत की ओर से भी प्रसन्नता जाहिर की गयी है राज्य के प्रतिष्ठित व्यवसायी और सलूजा गोल्ड के प्रबंध निदेषक अमरजीत सिंह सलूजा और गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मला झुनझुनवाला ने इस पैकेज के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है

उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के दौरान जीवन के साथ साथ जीविका का भी ध्यान रखना जरूरी है जब तक जीविका और जीवन में संतुलन नहीं बनेगा तब तक अर्थव्यवस्था संतुलित नहीं रह सकता वित सह खाद्य आपूर्ति मंत्री आज चतरा में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकमण के फैलाव पर अंकृष लगाने के लिए झारखंड वापस लौट रहे प्रवासी कामगारों और अन्य नागरिकों पर नजर रखनी जरूरी है डॉक्टर उरांव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राहत पैकेज की सराहना की

गृहमंत्री ने सभी नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की उन्होंने कहा कि यह पीछे रहने का नहीं बल्कि संकट को अवसर में बदलने का समय है

इसी कम में करीब डेढ़ हजार प्रवासी मजदूरों को चेन्नई से लेकर श्रमिक स्पेषल ट्रेन आज हटिया स्टेषन पहुंची वहीं गुजरात के भरूच से करीब बारह सौ श्रमिक डालटनगंज स्टेषन पहुंचे इधर बोकारो रेलवे स्टेषन पर प्रवार्सी श्रमिकों को लेकर दो स्पेषल ट्रेन बोकारो पहुंची

ये रेलगाडियां नई दिल्ली से रांची हावड़ा पटना जम्मू तवी तिरूवनंतपुरम चेन्नई मुंबई और अहमदाबाद तथा भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए हैं

केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी उत्पादों को वैश्विक आपूर्ति श्रंखला से जोड़ने पर बल देते हुए कहा है कि इससे जनजातीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगों और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा श्री मुंडा ने आदिवासी समाज की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हए कहा कि वन उपज की खरीद प्राथमिकता से की जानी चाहिए और उनके मूल्यवर्धन पर जोर दिया जाना चाहिए यह समीक्षा बैठक कल देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई

सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि जनजातीय लोगों को उनके उत्पादों के लिए सही मूल्य प्राप्त हो

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त डॉ नितिन कुलकर्णी द्वारा जारी एक आदेश के तहत पान मसाला के थोक विक्रेता और व्यापारियों को अपने गोदामों में बचे हुए माल को झारखंड राज्य की सीमा से बाहर भेजने के लिए करीब दो हफ्ते की छूट दी गयी है

संक्षिप्त खबरें केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए आज रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया

सिमडेगा ज़िले में उप विकास आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि लॉक डाउन की अवधि में कम राशन देने के आरोपी राशन डीलरों से अबतक दो लाख तीन सौ नब्बे रुपये जुर्माने की वसूली की गई है